राज्य सरकार ने निगम कमिश्नर सहित सात डिप्टी कलेक्टरों का किया तबादला सौमिल चौबे की जगह प्रभाकर पांडेय बने बिलासपुर नगर निगम के आयुक्त प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है अन्नदान का पर्व छेरछेरा

इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम सीएसआईडीसी छह माह के भीतर ऑनलाइन सामग्री की खरीदी करने के लिए नया पोर्टल बनाएगा साथ ही स्थानीय उद्योगों से भी साम्रगी खरीदी जाएगी वहीं एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में सरकार ने पांचवीं अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में दी जा रही प्राथमिकता को बरकरार रखते हुए इसे दो साल के लिए और बढ़ा दिया है अनुसूचित क्षेत्रों में सरगुजा और बस्तर संभाग के साथ कोरबा जिले को भी शामिल किया गया है आज राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संसदीय कार्य और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री मोहम्मद अकबर और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने पंत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार ने खुद का पोर्टल बनाकर सामग्री खरीदी का फैसला लिया है हालांकि इसमें छह महीने का वक्त लगेगा तब तक पुरानी पद्वति से ही सामग्री की खरीदी की जाएगी उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर इकतीस जनवरी तक धान खरीदेगी धान खरीदी का लक्ष्य पचहत्तर लाख मीटरिक टन रखा गया था अब तक इकहत्तर लाख मीटरिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है धान खरीदी के लिए दस दिन का समय शेष है सरकार ने अठासी लाख मीटरिक टन धान की खरीदी का निर्णय लिया है श्री चौबे ने बताया कि केंद्रीय पूल में चावल की मात्रा चौबीस लाख मीटरिक टन से बढ़ाकर बत्तीस लाख मीटरिक टन करने के लिए केंद्र सरकार को दोबारा पत्र लिखा जाएगा उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य पूल में चावल भेजने के बाद बचत धान का उपयोग नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से किया जाएगा

श्री चौबे ने बताया कि फैसले के बाद जमीन हस्तांतरण को लेकर आने वाली कई पेचिदगियां दूर हो जाएंगी इस मौके पर एक सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण देने के पक्ष में है उन्होंने बताया कि संसद में केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया था प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री पीएल पुनिया ने भी सवर्ण आरक्षण को लागू करने की बात कही है इस पर राज्य सरकार जल्द फैसला लेगी मुख्यमंत्री विवेकानंद जयंती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास होगा कि दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों के बच्चे भी निजी स्कूलों के बच्चों के सामान विविध प्रतिस्पर्धाओं में सफल होकर बड़ा मुकाम हासिल कर सके श्री बघेल आज रायपुर के कोटा स्थित विवेकानंद विद्यापीठ में स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विद्यापीठ में शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत उन्नीस पदों पर भर्ती की अनुमति दी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर के सचिव सत्यरूपानंद जी महाराज ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की मॉडल शहर नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने भिलाई चरौदा कुम्हारी और नगर पंचायत पाटन को जनभावनाओं के अनुरूप विशेष कार्ययोजना तैयार कर मॉडल शहर के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं श्री डहरिया ने कल रायपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में नगरीय क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यो को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण किया जाए श्री डहरिया ने आम नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं सार्फ सफाई शुद्ध पेयजल प्रकाश व्यवस्था और इनेज सिस्टम को सुदृढ़ करने के कार्यो को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के भी निर्देश दिए तबादला राज्य सरकार ने निगम कमिश्नर सहित सात डिप्टी कलेक्टरों का तबादला कर दिया है जारी आदेश के मुताबिक बिलासपुर नगर निगम के कमिश्नर सौमिल चौबे को राज्य शहरी विकास अभिकरण रायपुर के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है श्री चौबे की जगह सरगुजा में नियुक्त डिप्टी कलेक्टर प्रभाकर पांडेय को बिलासपुर नगर निगम को आयुक्त बनाया गया है वहीं अन्य अधिकारियों में ओंकार सिंह को संयुक्त संचालक प्रशासन अकादमी निमोरा संजय कन्नौजे को अपर कलेक्टर रायगढ़ संजय कुमार दीवान को राज्य सूचना आयोग में सचिव सूर्यकिरण तिवारी को डिप्टी कलेक्टर बिलासपुर और दिलेराम डाहिरे को कोरिया में डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए योजना बनाते समय कृषि विश्वविद्यालय का सहयोग लेगी श्री चौबे कल राजधानी रायपुर में आठवीं इंडियन हार्टिकल्चर कांग्रेस के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कामकाज में कृषि और किसान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है किसानों की बेहतरी के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही है श्री चौबे ने कृषि तथा उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कृषि विकास की नई योजनाएं बनाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि चार दिवसीय इंडियन हार्टिकल्वर कांग्रेस से प्राप्त निष्कर्षो और अनुशंसाओं को भी कृषि योजनाओं में शामिल किया जाएगा इस मौके पर संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्था गोल्डन ब्रेक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को धान की तेईस हजार दो सौ पचास किस्मों के जननद्रव्य संरक्षण के विश्व कीर्तिमान के लिए सम्मानित किया गया समारोह को रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति तथा हार्टिकल्वर कांग्रेस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर केएल चड्ढा ने भी संबोधित किया अधिकारी निलंबन आदेश नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया और महापौर प्रमोद दुबे ने आज राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राईव का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने मरीन ड्राईव में गंदगी और अव्यवस्था के चलते दो अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए रायपुर नगर निगम के कमिश्नर रजत बंसल ने इस संबंध में सहायक इंजीनियर और स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस जारी किया है माओवादी गिरफ्तार दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के जवान कुआंकोंडा थाना क्षेत्र से सर्चिंग के लिए निकले थे इस दौरान सुरनार और बडेगुडरा के जंगल में संदिग्ध रूप से घूम रहे इस माओवादी को पकड़ा गया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 हंसपाल निधन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के हिन्दी कमेन्टेटर और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के वरिष्ठ खेल प्रसारक सरदार सुरेन्द्र पाल सिंह हंसपाल का आज सुबह राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे श्री हंसपाल पिछले तीस वर्षो से आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए खेल कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों की भी कमेंट्री की है उनका अंतिम संस्कार कल रायपुर के देवेन्द्र नगर मुक्तिधाम में किया जाएगा छेरछेरा प्रदेशभर में आज अन्नदान का पर्व छेरछेरा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है धान की नई फसल आने के अवसर पर पौष माह की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है इसमें मुख्य रूप से धान का दान किया जाता है सुबह से ही बच्चे बुजुर्ग और महिलाएं टोली बनाकर घूम घूमकर धान मांगते रहे वहीं किसान और अन्य ग्रामीणों ने घर के सामने टोकरी में धान रखकर खुले हाथों से लोगों को बांटा घर घर धान मांगने के बाद परंपरानुसार लोगों ने टोली बनाकर डंडा नृत्य का भी प्रदर्शन किया इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाए दी हैं श्री बघेल ने अपने संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जन जीवन से जुड़ा यह लोकपर्व दानशीलता की गौरवशाली परम्परा की याद दिलाता है

श्री बघेल की दिल्ली प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण मसलों पर विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात तय थी देश की सोलहवीं लोकसभा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बारह सांसदों को चेन्नई के राजभवन में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सांसद रत्न सम्मान प्रदान किया इस मौके पर कॉर्ट्न के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कॉर्टूनिस्ट त्रयम्बक शर्मा को भी सम्मानित किया गया छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आज राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में इस याचिका पर सुनवाई की गई